इस चरण में प्रदेश के सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों टीकमगढ़ दामोह खुजराहो सतना रीवा होशंगाबाद और बैतुल में छह मई को वोट डाले जाएंगे

इन सीटों पर प्रचार चरम पर है और विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज रीवा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे इस दौरान रीवा और सतना लोकसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे

इससे पहले कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राजगढ़ के ब्यावरा नीमच और सीहोर में जनसभाओं को संबोधित किया

दूसरी ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल खजुराहो संसदीय क्षेत्र के महाराजपुर और छतरपुर जिले के धवारा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभाओं को संबोधित किया देर शाम भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री ने भोपाल में एक रैली की इस दौरान उन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी जाने वाले हैं का नारा दिया भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में टीकमगढ़ के निवाड़ी जतारा और बिजावर में सभायें की श्री चौहान ने सागर संसदीय क्षेत्र के राहतगढ़ में भी रैली को संबोधित किया

कल नाम वापसी की अंतिम तिथि थी

खंडवा से हमारे संवादाता ने बताया है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय जयश्री ठाक्र उमेशचंद्र सोनी और नौशाद खान सहित तीन अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं वहीं खरगोन में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुखलाल परमार ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया इससे खरगोन बड़वानी के कांग्रेस उम्मीदवार को बड़ी राहत मिली है

आयोग ने राजस्थान के बाडमेर में श्री मोदी के भाषण में आदर्श आचार चुनाव संहिता के कथित उल्ल्ंघन की शिकायत के मामले में उन्हें राहत दी है आयोग ने एक बयान में कहा है कि बाडमेर के चुनाव अधिकारी द्वारा भेजी गयी प्रमाणित कॉपी की जांच की गयी और इसमें उल्लंध्यन की कोई बात नहीं पायी गयी है वहीं आयोग ने जबलपुर जिले में कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी राहत देते हुए उन्हें चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का दोषी नही माना है भाजपा ने जबलपुर के सीहोरा में श्री गांधी के भाषण को लेकर आयोग से शिकायत की थी चुनाव अधिकारी द्वारा श्री गांधी के भाषण के मूल पाठ का अध्ययन करने के बाद आयोग ने पाया कि श्री गांधी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नही किया है

पूछताछ में दोनों व्यक्ति राषि से संबंधित कागजाद पुलिस को नही दिखा पाये इस पर पुलिस ने जिले में गठित फ्लांईग स्कॉट टीम को मामले की सूचना दी टीम ने मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच की तो राषि जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक मर्यादित शाखा तनोड़िया जिला आगरमालवा की निकली

इसके आज सवेरे साढ़े आठ बजे पुरी तट से टकराने की आशंका है चक्रवात के असर से गंजम गजपति खुर्दा पुरी और जगतसिंह पुर जिलों में कल रात से भारी बारिश हो रही है इस तूफान से निपटने के लिये राज्य में कई कदम उठाये गये है

इनमें से कई ट्रेने मध्यप्रदेश से होकर गुजरती है तूफान के मददेंनजर ओड़िशा से लगे राज्यों को भी अलर्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की प्रधानमंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनायें और आवश्यकता पड़ने पर राहत और बचाव कार्यों के लिये प्रभावी कदम उठायें इस बैठक में प्रधानमंत्री को चक्रवात के संभावित मार्गों और यहां किये गये एहातियतन उपायों की जानकारी भी दी गई

लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की पारी भी उसी स्कोर पर समाप्त हुई

मुंबई इंडियंस ने तीन गेंद में यह लक्ष्य हासिल कर लिया आज मोहाली में दो बार का चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स एलेवन पंजाब के बीच टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अहम मुकाबला होगा जीतने वाली टीम के प्लेऑफ में जगह बनाने की संभावना बेहतर हो जाएगी

सभी जोन के रिजल्ट एकसाथ घोषित

जिनमें कहा गया है कि बाल विवाह से जुड़े रिश्तेदारों हलवाई बैंड वालो सहित सभी पर कार्यवाही की जायेगी